शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हई दो दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है

कार्यसूची के अनुसार प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र राज्य के उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों को विनियमित करने सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा करेंगे

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम होती है और जो देश सही दिशा में युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करते हैं वे अधिक विकसित होते हैं राज्यपाल कल विवेकानन्द ग्लोबल फांउडेशन द्वारा यूथ की बात ई डायलॉग कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे बंडारू दत्तात्रेय ने एक सार्वभौमिक छवि के साथ मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत बताते हुए इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया

महिला दिल की बीमारी से ग्रसित होने के चलते कुल्लू अस्पताल में उपचाराधीन थी और मृत्यू के दो दिन बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उपायुक्त कुल्लू ऋचा वर्मा ने मामले की पुष्टि की है

अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में तय समय पर ही करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव हिमाचल दस्तक की सुर्खी है तय समय पर होंगे पंचायत चुनाव रोस्टर भी बदलेगा दिव्य हिमाचल का शीर्षक है अब नहीं बनेंगी नई पंचायतें मुख्यमंत्री ने किया साफ तय समय पर होंगे पंचायती राज चुनाव आपका फैसला के शब्द हैं आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर भड़का विपक्ष प्रश्नकाल से पहले किया हंगामा

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं अस्पताल से घर लौट आए कोरोना पॉजीटिव मंत्री

प्रदेश में मंदिर खुलने की खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है खुल गए मां के दरबार न घंटी बजी न लगी कतार

दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे कंगना के बंगले पर कार्रवाई पर गर्वनर ने सीएम के मुख्य सचिव को किया तलब इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है सीएम ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा राज्य महिला आयोग ने भी लिया स्वतः संज्ञान